पिछले चौबीस घंटों में दस और नये संदिग्ध मरीजों की हुई पहचान

दोपहर बाद एक बजे तक निपटाये जायेंगे न्यायिक कार्य

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है सरकार के इस आदेश के बाद सभी जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है अब इलाज करने या कराने से इंकार करने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है साथ ही अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाने के निर्देश दिये गये हैं संदिग्ध मरीजों को आईसोलेशन वार्ड में बलपूर्वक भी रखा जा सकता है सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यमों से भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति जेल भेजे जायेंगे साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे जरूरत के अनुसार अपने जिले के सभी शॉपिंग मॉल को बंद करें इस फैसले के आलोक में पटना के सभी शॉपिंग मॉल को तत्काल प्रभाव से इकतीस मार्च तक बंद कर दिया गया है हालांकि इस दौरान दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं और दवाओं से संबंधित काउंटर खुले रहेंगे सभी प्रतिष्ठानों के परिसर को नियमित अंतराल पर साफ सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं परिवहन विभाग ने सरकारी और निजी बसों ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की प्रतिदिन ब्लीचिंग पाउडर से साफ सफाई के निर्देश दिये हैं साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक परिवहन पर भी रोक लगायी जा सकती है देश में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या एक सौ सैंतीस हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से एक सौ तेरह भारतीय हैं और चौबीस विदेशी नागरिक हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक चौदह लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उन्होंने कहा कि अब तक कुल तीन लोगों की मृत्यु हुई है जिनमें से तीसरा महाराष्ट्र से है यह व्यक्ति दुबई से आया था प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध उनहत्तर मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है राजय के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की हुई बैठक में यह जानकारी दी गयी तीन सौ दस लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है इधर पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में कोरोना वायरस के दस और नये संदिग्ध मरीजों की पहचान हुई है इनमें से एक जापानी नागरिक भी शामिल है जिसे गया के एएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है पटना के पीएमसीएच में पांच संदिग्ध भर्ती हुये हैं जिनमें से दो बच्चा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि एक सौ इक्कीस नई प्रयोगशालाएं बाईस मार्च तक काम करने लगेंगी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दी

ज्यादा मोर्टेलिटी न हो और इसमें सब लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है अगर किसी क्राउडेड एरिया में जाना जरूरी नहीं है तो न जाए घर में ही रहें अगर हमें जुकाम नजला खांसी है तो हम अपने आपको सेल्फ क्वारंटीन करें

अगर हम ये सख्त कदम लेंगे तो हम इस पेंडेमिक के नम्बर ऑफ केसेस को कम कर सकते हैं मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये प्रदेश की सभी निचली अदालतों में आज से काम काज सुबह सात बजे से संचालित होने लगा है अदालतों में काम काज दोपहर बाद एक बजे तक चलेगा बीच में साढ़े नौ बजे से दस बजे तक की अवधि भोजनावकाश की होगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें

वहीं शिक्षा विभाग ने भी जनता दरबार को स्थगित करने का फैसला किया है इधर कोन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने विद्यार्थियों का रिजल्ट अभिभावकों के वाट्स एप पर भेजने का फैसला किया है आर्मी कैंटीन को भी इकतीस मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है कैमूर के प्रसिद्ध मुंडेश्वरी धाम मंदिर में भी दर्शन पर रोक लगा दी गयी है वहीं सासाराम के प्रसिद्ध माँ ताराचंडी धाम के गर्भगृह में दर्शनार्थियों का प्रवेश अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है राज्य सरकार ने सभी निबंधित कारखाना संचालकों को एक अप्रैल से मजदूरों का वेतन उनके बैंक खातों में भेजने का निर्देश दिया है श्रम संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है इस फैसले से लगभग दो लाख कामगारों को लाभ होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के रूट में हुये बदलाव को स्वीकृति दे दी है नये बदलाव में कई जगहों पर अंडर ग्राउंड मेट्रो लाईन में वृद्धि की गयी है अब बेली रोड पटना जंक्शन और अशोक राजपथ पर मेट्रो मुख्य रूप से अंडर ग्राउंड रहेगा पटना जंक्शन के साथ साथ खेमनीचक और पहाड़ी पर बन रहे अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर मेट्रो के दोनो कॉरिडोर का जंक्शन रहेगा डिजिटल काम काज निष्पादित करने के मामले में बिहार विधान परिषद देश का पहला सदन बन गया है संसदीय कार्य मंत्रालय ने परिषद के काम काज की सराहना करते हुये भविष्य में होने वाले डिजिटल कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कल जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की हालांकि श्री मांझी ने इस मुलाकात के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद महागठबंधन से नाराज चल रहे जीतनराम मांझी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं खगड़िया जिला के मानसी थाना क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वी ठाठा पंचायत के पूर्व सरपंच के पिता और भाई की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी मूंगेर जिले के मूफस्सिल थाना क्षेत्र के वाल्मीकि मैदान शीतलप्र से पूलिस ने एक हथियार तस्कर को तीन पिस्टल और छह मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण को राज्य सरकार द्वारा महामारी घोषित किये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है सूबे में पहली बार किसी बीमारी को महामारी घोषित किया गया दैनिक जागरण ने लिखा है प्रदेश के अस्पतालों में तैनात हुये मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स प्रभात खबर की सुर्खी है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये इस महीने औसत के आधार पर बनेगा बिजली बिल दैनिक भास्कर ने लिखा है द्रष्कर्म समेत विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को चौबीस हफ्ते तक गर्भपात कराने के प्रावधान का बिल लोकसभा में पास राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है संसद का बजट सत्र निर्धारित समय तीन अप्रैल तक चलेगा आज की सुर्खी है मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए संघर्ष कानूनी पेंच में उलझा और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी घोषित

पिछले चौबीस घंटों में दस और नये संदिग्ध मरीजों की हुई पहचान

दोपहर बाद एक बजे तक निपटाये जायेंगे न्यायिक कार्य